नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश से कोसी क्षेत्र की नदियों का जलस्तर बढ़ा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केवल एनडीए सरकार ने खरीफ फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का किसानों से किया अपना वायदा प्ररा किया है पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में किसान रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने फसल की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया

समर्थन मूल्य में लगभग ग्यारह सौ रूपएक्विंटल लागत के ऊपर मक्के का समर्थन मूल्य सत्रह सौ रूपए कर दिया गया है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसान देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि देश बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहाहै और सवा सौ करोड़ से अधिक देशवासी नये भारत के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं

श्री मोदी ने कहा कि देश की आत्मा किसानों और गांवों में बसती है उन्होंने कहा कि कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक किसानों वंचित वर्ग के लोगों और गांवों का विकास न हो

हर किसान की आय दोगुनी करने के इरादे से चाहे मछली पालनहो चाहे मुर्गी पालन हो चाहे मधुमक्खी का पालन हो चाहे खेत के किनारे पर बांस की खेती को प्रमोट किया जाए एक प्रकार से किसान की आय पशुपालन से लेकर के मधुमक्खी तकइन और चीजों को जोड़कर के किसान की आय दोगुना करने के संकल्प के साथ आज हम काम कररहे हैं कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए आठ सौ विभिन्न प्रकार की योजनाओं का कार्यान्वयन कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि केन्द्र की एनडीए सरकार के निर्णयों से भारतीय कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है श्री सिंह ने कहा कि दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना का कार्यान्वयन किया जा रहा है राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केन्द्र सरकार द्वारा धान सहित चौदह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में दो सौ रूपये से अठारह सौ रूपये प्रति क्विंटल की बढोतरी की सराहना की है श्री मलिक पटना जिले के खुसरूपुर में किसान परिचर्चा और स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर दोहराया कि सीट बंटवारे को लेकर भाजपा के साथ कोई मतभेद नहीं है श्री कुमार ने पटना मे संवाददताओं से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसका फार्मुला लगभग तय हो गया है उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर एक महीने के भीतर सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के घटक दलों की समन्वय समिति बनायी जायेगी श्री मांझी ने कहा कि जल्द ही इस सवाल को लेकर वे राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि केन्द्र सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए काम कर रही है श्री नकवी आज नई दिल्ली में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के प्रधान सचिव और सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षो में सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को कारण लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है श्री नकवी ने कहा कि उनका मंत्रालय शिक्षा रोजगार और सशक्तिकरण के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रहा है राज्य में इस वर्ष विभिन्न वन प्रमंडलों द्वारा उनचास लाख और वानिकी कार्यक्रम के तहत अंठावन लाख पौधे लगाये जायेंगे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एक अगस्त से दस अगस्त तक वन महोत्सव के तहत जोर शोर से पौधा रोपण अभियान चलाया जायेगा श्री मोदी ने कार्यकम को सफल बनाने के लिए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक की नेपाल के तराई क्षेत्र में दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कोसी क्षेत्र की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है सुपौल मधेपुरा और खगड़िया जिले में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा है जिससे कई निचले इलाकों में बाढ का पानी प्रवेश कर गया है सुपौल के वीरपुर बराज से कल दो लाख बीस हजार क्यूसेक पानी छोडा गया कोसी नदी पर बराह बराज से दो लाख पंद्रह हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोडा गया है जिले में किशनपुर प्रखंड में कुछ इलाकों में बाढ का पानी प्रवेश कर गया है इधर मधेपुरा के आलमनगर प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों में पानी का दबाव बढ़ने का सिलसिला जारी है रतवारा गांव के पास कई निचले इलाकों में पानी भरने लगा है खगड़िया में पिछले चौबीस घंटे के दौरान नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है चौथम अलौली और गोगरी प्रखंड के कुछ गांव बाढ के पानी से घिर गये हैं कटिहार में रविवार को गंगा नदी के जलस्तर में चार सेंटीमीटर और कोसी नदी के जलस्तर में सात सेंटीमीटर वृद्धि दर्ज की गयी है जिले में बरंडी और महानंदा नदी के जलस्तर में भी बढोतरी हुई है मुंगेर जिले के जमालपुर रेल कारखाना के पावर हाउस में आगलगी की घटना में तीन रेलकर्मी बुरी तरह से झुलस गए घायल कर्मियों को जमालपुर रेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस ने बताया कि पावर हाउस में खुले तार में अचानक करंट दौड़ने के कारण विस्फोट के साथ आग लग गई जिससे वहां काम कर रहे तीन रेल मजदूर झुलस गए बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में सामूहिक दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जतायी है श्री यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है इधर पार्टी ने भोजपुर जिले में एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ दुष्कर्म और जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ मारपीट की घटना की जांच के लिए टीम का गठन किया है बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर थाना की प्रभारी रीता कुमारी को कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है रामप्रीत शर्मा को खोदावंदपुर का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है बेगूसराय जिले के तेघड़ा नगर पंचायत वार्ड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवार की पचहत्तर महिलाओं के बीच रसोई गैस कनेक्शन और चूल्हे का वितरण किया गया कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने लूटपाट के दौरान केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षक रितेश कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया पटना के जिलाधिकारी ने जिले में अवैध रूप से किये गये बालू और गिट्टी के भंडारण के खिलाफ खनन विभाग को छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिये है

नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश से कोसी क्षेत्र की नदियों का जलस्तर बढ़ा